आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के क्छ नये प्रस्तावों का ब्योरा दिया उन्होंने बताया कि नये प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढ़ाना है

रक्षा मंत्री ने अरूणाचल प्रदेश के तवांग मार्ग में नेचीफ् स्रंग की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि एक साथ इतने प्लों का उद्घाटन और स्रंग की आधारशिला रखना बड़ा रिकार्ड है इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टीविटी और विकास का नया य्ग श्रू होगा उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा के साथ ही विकास में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन प्लों के बनने से स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और सेना तक आवश्यक सामग्री पहंचाने में मदद मिलेगी सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इनकी बड़ी उपयोगिता है इससे दूरदराज के क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से ज्ड़ सकेंगे

हमें इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में बनाए गए प्लों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धाल्ओं और पर्यटकों को भी स्विधा होगी इसका क्षेत्र की आर्थिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

इस अवसर पर वर्च्अल माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी ज्ड़े थे प्रधानमंत्री ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया उनके लिए राजसता नहीं बल्कि जन सेवा अहम थी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी साधारण व्यक्ति जिसके अदंर योग्यता प्रतिभा और देश की सेवा की भावना है वह इस लोकतंत्र में भी सता को सेवा का माध्यम बना सकता है उन्होंने कहा कि जन सेवा के लिए किसी खास परिवार में ही जन्म लेना जरूरी नहीं हैं केदारनाथ निरीक्षण केंद्रीय संस्कृति सचिव राघवेंद्र सिंह ने रविवार को केदारनाथ धाम में किए जा रहे अवस्थापना स्थापना संबंधी कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी देते हये बताया कि केंद्रीय सचिव ने आदिशंकराचार्य की समाधि नेपाल भवन और केदारनाथ लिंचोली मार्ग का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने आदि शंकराचार्य की समाधि पर चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश कार्यदाई संस्था को दिए केंद्रीय संस्कृति सचिव ने नेपाल भवन के निरीक्षण के दौरान इसे संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव दिया उन्होंने कुछ स्थानीय घरों का भी निरीक्षण किया जिनमें अस्थाई तौर पर संग्रहालय को संचालित किया जा सके पर्यटन सचिव ने बताया कि राज्य में पर्यटकों के लिए आवाजाही खोल दी गई है देशभर के श्रद्धाल् अब देवस्थानम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर चारधाम की यात्रा पर आ सकते हैं उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को पूजा अर्चना के साथ ही यात्रियों की सेवा के लिए अतिरिक्त कार्य करने को कहा गया है

दोनों के शवों को आज दोपहर बाद एनडीआरएफ और प्लिस ने बरामद कर लिया आपको बता दें कि शनिवार देर रात प्लिस ने अलकनंदा नदी में वाहन की तलाश श्रू की थी लेकिन रात में सही जानकारी न मिलने के कारण रविवार स्बह से ही तलाश जारी कर दी गई थी इस दौरान दो शव चट्टान में फंसे हए नजर आये लेकिन आवागमन का कोई रास्ता नहीं होने के कारण शवों तक नहीं पहुंचा जा सका आज फिर से अलकनंदा नदी के दोनों किनारों पर रस्सी डाल कर शर्वो तक पहंचने का प्रयास किया गया और दोपहर बाद दोनों शवों को निकाल लिया गया है दुर्घटना श्रद्धांजलि म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप चैहान के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन प्रसाद थपलियाल का जाना पार्टी के लिए बहत बड़ी क्षति है उन्होंने कहा कि उनके ख्द के लिए भी यह व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत परामर्शदाता थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी मोहन प्रसाद थपलियाल और क्लदीप चौहान की मृत्य् पर शोक व्यक्त किया है

इसके चलते हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि बॉर्डर पर आने वाले लोगों को मामूली औपचारिकताओं के बाद प्रवेश दिया जा रहा है यात्रियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है

जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामान्य हैं कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है

जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें केवल जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें गलदार शिकार टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक के पीपलसारी तोक में रविवार रात को गुलदार ने एक सात साल की बालिका पर हमला कर उसे निवाला बना लिया बच्ची का शव गांव से दूर जंगलों में बरामद हआ घटना से पूरे क्षेत्र में दशहत का माहौल बना हआ है ग्रामीणों की ग्लदार को नरभक्षी घोषित कर मारने की अपील के बाद वन विभाग ने वहां शार्प शूटर जॉय हकील को तैनात किया गया है